तीसरे चरण में गुजरात गोवा केरल दादरा और नगर हवेली दमन और दीव की सभी संसदीय सीटों के लिए मतदान होगा

वहीं पहले चरण के मतदान के लिए सिर्फ चार दिन बचे हैं और देशभर में विभिन्न राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है

कमलनाथ छापा प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी प्रवीण कक्कड़ एवं सलाहकार राजेन्द्र मिगलानी के इंदौर दिल्ली और भोपाल के आवासों पर कल आयकर विभाग के अधिकारियों ने छापा मारा छापे की ये कार्यवाही देर रात तक जारी रही इस दौरान दस करोड़ रुपये से अधिक नगदी और बड़े पैमाने पर लेनदेन के दस्तावेज जब्त किये गये हैं

वहीं मिगलानी को सलाहकार निय्क्त किया गया था मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस कार्यवाही पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि छापे की कार्यवाही पूरी होने के बाद ही इस पर प्रतिकिया देना उचित होगा उन्होंने इसे बदले की भावना से की गई कार्यवाही बताया वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने छापे की कार्यवाही के दौरान पुलिस हस्तक्षेप की निंदा करते हुए कहा कि पुलिस ने आयकर छापे के दौरान सीआरपीएफ को रोका इससे संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है भाजपा घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए आज घोषणा पत्र जारी करेगी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम दिया है नईदिल्ली में इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य भी उपस्थित रहेंगे भाजपा प्रचार थीम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और वित्तमंत्री अरूण जेटली ने फिर एक बार मोदी सरकार के मुख्य नारे के साथ पार्टी की प्रचार थीम की शुरूआत की श्री जेटली ने कल नईदिल्ली में पार्टी की प्रचार सामग्री जारी करते हुए कहा कि पार्टी के प्रचार की पहली थीम काम करने वाली सरकार दूसरी थीम ईमानदार सरकार और तीसरी बड़े फैसले लेने वाली सरकार होगी उन्होंने कहा कि ये तीनों बातें मुख्य प्रचार थीम फिर एक बार मोदी सरकार में समाहित है कांग्रेस चुनाव अभियान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पर जनता से किए वायदों को पूरा न करने का आरोप लगाया है श्री शर्मा ने कल नईदिल्ली में कहा कि उनकी पार्टी का उद्देश्य युवाओं किसानों और गरीबों को न्याय दिलाना है कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रचार गीत अब होगा न्याय की भी शुरूआत की श्री शर्मा ने बताया कि उनकी पार्टी का प्रचार पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा घोषित न्यूनतम आय गारंटी योजना न्याय पर केन्द्रित रहेगा आयोग निर्देश निर्वाचन आयोग ने कहा कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धन बल का इस्तेमाल स्वतंत्र निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव के समक्ष एक बड़ी चुनौती है राजस्व सचिव को एक पत्र में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आचार संहिता लागू रहने के दौरान चुनाव के लिए अवैध धन के संदिग्ध इस्तेमाल के मामले में मुख्य चुनाव अधिकारी को जानकारी दी जानी चाहिए आयोग ने राजस्व विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम कर रही सभी प्रवर्तन एजेंसियों को परामर्श दिया है कि उनकी कार्रवाई पूरी तरह तटस्थ और निष्पक्ष होनी चाहिए मतदाता जागरूकता लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिये प्रदेश में लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं इसी कड़ी में आज भोपाल में जिला प्रशासन द्वारा वोट क्लब पर वॉक फार डेमोकेसी कार्यक्रम का आयोजन किया गया

भोपाल जिले में मतदाता जागरुकता अभियान से सिविल सेवा परीक्षा में टॉपर सुष्टि जयंत देशमुख एवं गायिका आकृति मेहरा को भी जोड़ा गया है

राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसन्धान संस्थान भोपाल के मणि सभागार में आयोजित होने वाली इस कार्यशाला का उद्देश्य संवाददाताओं को लोकसभा चुनाव की निष्पक्ष संतुलित और सटीक कवरेज के लिए आवश्यक कदमों की जानकारी देना है कार्यशाला में मध्यप्रदेश के संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कुमार कोल चुनाव प्रक्रिया की जानकारी देंगे वहीं जनसंपर्क आयुक्त पी नरहरि उन्हें सरकारी संपर्क माध्यमों की उपयोगिता से रूबरू कराएँगे कार्यशाला के द्वितीय सत्र में वरिष्ठ पत्रकार विजयदत्त श्रीधर चुनाव में आंचलिक पत्रकारों की भूमिका पर प्रकाश डालेंगे इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी प्रतिमागियों को संबोधित करेंगे

तीन दिनों तक चलने वाले इस अभियान के तहत आशा कार्यकर्ता ने घर घर जाकर बच्चों को पोलिया की खुराक पिलाई

आज और कल आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर दवा पीने से छूटे बच्चों को दवा पिलाएंगी मेधावी बच्चे सम्मान मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक विजय कुमार सिंह ने कहा कि मेधावी बच्चों को सम्मानित करने से उनमें आगे बढ़ने की ललक बनी रहती है उन्होंने कल भोपाल में पुलिस पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में में यह बात कही श्री सिंह ने कहा कि मेधावी बच्चों को सम्मानित टीम वर्क से ही अच्छी सफलता मिलती है

इस अवसर पर सेवानिवृत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया महिला हॉकी क्वालालम्पुर में भारत और मलेशिया के बीच महिला हॉकी का आज तीसरा मुकाबला होगा

भारत पांच मैचों की श्रृंखला में दो शून्य से आगे है शुरूआती मैच में उसने मलेशिया को तीन शून्य से और शनिवार को दूसरे मैच में पांच शून्य से शिकस्त दी चौथा मैच बुधबार को खेला जाएगा आईपीएल आईपीएल में कल रात जयपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को आठ विकेट से हरा दिया एक अन्य मैच में रॉयल्स चेलेंजर्स बैंगलोर को दिल्ली कैपिटल्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा यह बैंगलोर की लगातार छठी हार है आज मोहाली में रात आठ बजे सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला किंग्स इलेवन पंजाब से होगा

इसी कड़ी में कल ईवीएम और वीवीपैट मशीन का प्रदर्शन किया गया